उन्होंने कहा कि मर्हात्सव के तहत पूरे देश में कई कार्यक्रम हो रहे है

प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले साल मार्च के महीने में देश ने जनता कफ्यू शब्द सुना था उन्होंने कहा कि यह अनुशासन का अभूतपूर्व उदाहरण था आने वाली पीढ़ियां इस बात लेकर जरूर गर्व करेगी उन्होंने देश में चल रहे कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम का जिक्र करते हुए कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम चला रहा है श्री मोदी ने कहा कि कोरोना से लड़ाई के मंत्र दवाई भी और कडाई भी को हमें जीना भी है बोलना भी है और बताना भी है उन्होंने सभी पात्र लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की

इन सभी में उनकी क्षमताओं के मुताबिक म्यूजियम एमपी थियेटर ओपन एयर थियेटर कैफेटेरिया चिल्डन्स पार्क इको फ्रैण्डली कॉटेज और लैण्डस्कैप तैयार किए जाएगे श्री मोदी ने कृषि क्षेत्र में रोजगार के नये अवसर पैदा करने किसानों की आय बढ़ाने के लिए परम्परागत कृषि के साथ साथ नवाचारों को अपनाने पर जोर दिया उन्होंने देश के कई क्षेत्रों में हुए शहद उत्पादन को लेकर हुए नवाचारों का जिक्र करते हए स्वीट रिवोल्युशन का आहवान किया

उन्होंने आने वाले पर्वों की देशवासियों को शुभकामनाए दी

उन्होंने कहा कि इस अवसर पर देशवासी अपने कर्तव्यों का संकल्प लेकर उन्हें श्रद्धांजलि देंगे प्रदेशभर में होली का पर्व आज परम्परागत उत्साह के साथ मनाया जा रहा है विभिन्न स्थानों पर आज शाम होलिका दहन के कार्यक्रम होगें राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश वासियों को होली और धुलण्डी पर्व की शुभकामनायें देते हुए कोविड गाईडलाइन की पालना करते हुये त्यौहार मनाने की अपील की है